अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भीषण तूफान उम्फन के असर का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे कोलकात एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय मंत्री बाबूल सुप्रीयो सहित अन्य लोगों ने किया प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से राज्य के चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण शुरू कर रहे है प्रधानमंत्री बैठक कर राहत और पुनर्वास उपायों पर चर्चा भी करेंगे पिछले तीन महीनों में प्रधानमंत्री पहली बार दिल्ली से बाहर निकले हैं बंगाल में इस तूफान से अब तक अस्सी लोगों की मौत हो चुकी है देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कई कदम उठाये हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोन लेनेवालों को कर्ज चुकाने में इकतीस अगस्त तक की छूट दी जायेगी लोगों को व्यवसाय व अन्य कामों के लिए अधिक से अधिक ऋण मिल सके इसके लिए भी उपाय किये गये हैं रिजर्व बैंक ने रेपो रेट शून्य दशमलव चार फीसद घटाकर चार प्रतिशत कर दी है इस फेसले से कर्ज सस्ता होगा और महंगाई भी कम होने की उम्मीद बतायी गयी है जानकारी हो कि रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पावधि कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है लॉकडाउन की अवधि में आज तीसरा अवसर था जब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उपायों की घोषणा की

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में इक्कीस फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी है औद्योगिक उत्पादन में सत्रह प्रतिशत की कमी आयी है

इधर झारखंड में कोरोना संक्रमितों के बढ़ने का सिलसिला जारी है कल राज्य के विभिन्न जिलों से अठारह नये मरीज मिले हैं उनमें से रांची में सात बोकारो में पांच कोडरमा व सराय केला में दो दो मरीज मिले हैं गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में एक एक कोरोना संक्रमित मिला है राज्य में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तीन सौ से अधिक हो गयी है चतरा में पहला मरीज मिलने के बाद जिला ग्रीन से ऑरेंज जोन में शामिल हो गया है

लोहरदगा जिले में लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए कई योजना चलाई जा रही है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम शाम सात बजे प्रसारित किया जायेगा यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एकसाथ प्रसारित की जाएगी श्रोता शाम सात बजकर तीस मिनट पर हिंदी में और नौ बजकर दस मिनट पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड पर यह प्रसारण सुन सकेंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में भाग लेंगे

श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से यात्री रेलगाड़ियों से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं

राजधानी रांची के डोरण्डा स्थित झारखंड अग्निशमन सेवा मुख्यालय के भवन में आज सुबह आग लग गई दूसरे तल्ले में लगी इस आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी अग्निशमन कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया सुबह में अग्निशमन विभाग के भवन से जैसे ही ध्रआं निकलना शुरू हुआ आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए मुख्यालय के कर्मियों की तत्परता से तुरंत दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया

ये जवान कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आए थे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

आज दुबई से श्रीनगर के लिए वंदे भारत उड़ान के तहत लगभग डेढ़ सौ लोगों के वापस लौटने की उम्मीद है वरिष्ठ नागरिकों मेडिकल इमरजेंसी गर्भवती महिलाओं और जिनकी नौकरियां जाती रही उन्हें भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है

गिरिडीह जिले में किसानों को आत्मर्निमर बनाने के प्रयास रंग लाने लगे है

भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूर्णबंदी निर्देशों में छूट के बाद प्रशिक्षण फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है इस प्रक्रिया के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राधिकरण के केन्द्रों को सहमति पत्र भरने होंगे

भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार खिलाड़ियों और अन्य हिस्सेधारकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा शुरूआती चरण में खेल गतिविधि छोटे समूह के साथ सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शुरू किया जा सकता है गृह और खेल मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद यह एसओपी जारी किया गया है यह एसओपी सभी एसएआई और गैर एसएआई प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगी वट सावित्री का पर्व श्रद्धा के साथ आज मनाया गया शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में सुहागिन महिलाओं ने बरगद के पेड़ पर धागा बांधकर विधिवत पूजा की